प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे तथा बाद के चरणों के चुनाव के लिये प्रचार अभियान तेज हो गया है सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं

रोड शो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध लंका गेट से शुरू हुआ जहां श्री मोदी ने बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

गौरतलब है कि श्री मोदी वर्तमान में वाराणसी से सांसद है इसके पूर्व श्री मोदी ने आज बांदा में एक चुनावी सभा में कहा कि तीन चरणों के चुनाव होने के बाद विपक्षियों के चेहरे उतर गये हैं उन्हें पता है कि क्या होने वाला है अब उन्होंने फिर से ईवीएम का बहाना बनाना शूरू कर दिया हैं श्री मोदी ने कहा कि विरोधी दलों के लिये देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं है लेकिन हमारे लिये यह सबसे बड़ा मूददा है उन्होंने कहा कि यह नया भारत है जो आतंकवादियों के गढ़ में घूस कर उन्हें मार गिरायेगा वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गाजीपुर में चुनावी सभा में कहा कि केन्द्र मं एनडीए सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी और आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देगी पाकिस्तान से गोली आएगी यहां से गोला जाएगा

इस देश की सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं चलाई जाएगी

भाजपा अध्यक्ष ने आज औरैया में चुनावी सभा में विपक्षियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये महामिलावटी दल देश को सुरक्षित नहीं रख सकते भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित एक चुनावी जनसभा में कहा कि पिछले पांच वर्षो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रत्येक गांव और गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है जो काम सपा बसपा और कांग्रेस के लिये नामुमकिन था वह काम भाजपा ने कर दिखाया

मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में चुनावी सभा में कहा कि आतंकवाद का गढ़ बन चुके इस जिले को भाजपा ने नई पहचान दिलाई है

कांग्रेस की महासचिव और चुनाव के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज झांसी और जालौन में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की बसपा प्रमुख मायावती ने शाहजहांपुर में एक चुनावी जनसभा में कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने दलितों और पिछड़ों का शोषण करने का कार्य किया है उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके गठबंधन की सरकार बनने पर इन वर्गो के कल्याण के लिये कार्य किये जायेंगे इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजित सिंह ने भी लोगों को संबोधित किया

इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह गठबंधन जमीन से जुड़े लोगों का है जो देश में नई सरकार बनायेगा बसपा प्रमुख मायावती रालोद प्रमुख अजित सिंह ने भी सभा को संबोधित किया और निवर्तमान सांसद एवं गठबंधन प्रत्याशी डिम्पल यादव के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की पांचवें चरण में प्रदेश की चौदह लोकसभा सीटों के लिये एक सौ इक्यासी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इस चरण में धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैजाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा लाकसभा सीटों पर छह मई को मतदान होगा पांचवें चरण में लखनऊ अमेठी रायबरेली और फैजाबाद जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और सपा प्रत्याशी पूनम सिन्हा चुनाव मैदान म हैं वहीं अमेठी सीट पर भाजपा प्रत्याशी एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच कड़ा मुकाबला है रायबरेली सीट पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव मैदान में हैं इस चरण में दो करोड़ सैंतालीस लाख नौ हजार पांच सौ पन्द्रह मतदाता है जिनमें एक करोड़ बत्तीस लाख उन्सठ हजार तीन सौ ग्यारह पुरूष और एक करोड़ चौदह लाख अड़तालीस हजार आठ सौ तिरासी महिला मतदाता है जबकि एक हजार तीन सौ इक्कीस थर्ड जेंडर मतदाता हैं सोलह हजार एक सौ छब्बीस मतदान केन्द्र और अट्ठाईस हजार से अधिक मतदेय स्थल बनाये गये हैं लोकसभा चुनाव के छठें चरण में प्रदेश की चौदह सीटों पर कल नामांकन पत्रों की जांच की गई इस जांच में कुल एक सौ अट्ठावन नामांकन पत्र विभिन्न कमियों के चलते रद्द कर दिये गये सबसे ज्यादा पच्चीस प्रत्याशियों के पर्चे फूलपुर लोकसभा सीट पर खारिज किये गये इसी क्रम में संतकबीर नगर सीट पर सत्ताईस उम्मीदवारों में से बीस के नामांकन निरस्त किये गये भदोही सीट पर बत्तीस उम्मीदवारों में से बीस के पर्चे निरस्त किये गये अम्बेडकर नगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मेद सिंह निषाद सहित कुल आठ प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया इस सीट पर बीस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था अब इन चौदह सीटों पर कुल एक सौ पचहत्तर उम्मीदवार मैदान में रह गये हैं कल छब्बीस अप्रैल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है इन सीटों पर बारह मई को मतदान होगा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

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि मतदाता देश का भाग्य विधाता है हर मतदाता के वोट का महत्व बराबर है उन्होंने कहा कि देश के महा त्यौहार लोकसभा चुनाव में देश के सभी नागरिकों की सहभागिता जरूरी है क्योंकि मतदाता और मतदान लोकतंत्र की आत्मा है श्री लू ने आज गोण्डा में आयोजित मंडलीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए यह बात कही विश्व मलेरिया दिवस पर आज प्रदेश भर में मलेरिया की रोकथाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये इस वर्ष मलेरिया दिवस की थीम है स्वयं को मलेरिया से मुक्त रखने की शुरूआत इस मौके पर लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने अभियान की श्रूआत हर रविवार मच्छर पर वार स्लोगन के साथ ही की

मलेरिया से बचाव के प्रचार प्रसार के लिये स्कूलों में मलेरिया के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया साथ ही शहर में जागरूकता रैली भी निकाली गई और गोष्ठियां आयोजित हुई

उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर रैपिड रेस्पांस टीमें गठित की गई जो संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर काम करेंगी हापुड़ में जिलाधिकारी अदिति सिंह ने जनपद वासियों को मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिये प्रयास करने का संकल्प दिलाया कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए दो और उम्मीदवारों की सूची जारी की है अजय राय को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ उतारा गया है वहीं मधुसूदन तिवारी गोरखपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कल रात उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पांच लोगों को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया प्रदेश के आतंकरोधी दल के साथ संयुक्त कार्रवाई में एनआईए ने सैदपुर इम्मा गांव के कई घरों पर छापे मारे